अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा सीमा सुरक्षा के लिये अमेरीका भारत के साथ अमेरिका को बताया भारत का सबसे अच्छा दोस्त प्रदेश में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये नई स्टार्टअप पॉलिसी बनेगी बाडमेर में हुए सड़क हादसे मामले में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एपीओ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आहवान किया है

श्री मोदी ने कहा कि हमने जितना महत्व वैलफेयर को दिया है उतना ही फेयरवेल को दे रहे है

उन्होंने कहा कि पांच सोल में एक हजार पांच सौ से ज्यादा बहुत पुराने कानूनों को भी विदाई दे दी है

समारोह में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिये दोनो देश एक साथ मिलकर काम करने के लिये संकल्पित है उन्होंने खुद को अमेरीका में भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हाउडी मोदी कार्यक्रम हाउसफुल रहा सीटे भर जाने के कारण बडी संख्या में लोग स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सके

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये जल्दी ही नई स्टार्टअप पोलिसी लाई जायेगी उद्योगों को आगे बढाने के लिये एमनेस्टी स्कीम लाई जायेगी वहीं सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाया जायेगा श्री गहलोत कल जयपुर में इकॉनोमिक टाइम्स बिजनेस लीडर्स सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि देश आर्थिक हालात को लेकर चितिंत है तब राज्य सरकार प्रदेश में उद्यमियों को निवेश के लिये उपयुक्त माहौल देने में कोई कमी नहीं रखेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाडमेर में नेशनल कार रेसिंग के दौरान दम्पत्ति और उनके बेटे की मौत के मामले में कलक्टर हिमांशु गुप्ता और एस पी शिवराज मीणा को एपीओ कर दिया है

भारत की घर में यह अब तक की सबसे बडी हार है

पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था जबकि दूसरा मैच भारत ने जीता था भारत के पहलवानों ने पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पांच मेडल जीतकर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है

दीपक पूनिया विनेश फोगाट रवी दहिया और राहुल अवारे ने पहली बार मेडल जीता है वही बजरंग प्रनिया तीन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलार्डी बने है उधर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारतीय टीम एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेंडल जीतकर दो मेडल के साथ छठे स्थान पर रही है

प्रदेश में इस साल अब तक का सर्वाधिक औसत वर्षा का रिकॉर्ड ट्रट गया है